इस दौरान न केवल पात्र मतदाताओं के नाम मौके पर जोड़े जाएंगे बल्कि दोहरी संदेहास्पद या स्थानान्तरित मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने की कार्यवाही भी की जाएगी

जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त वैभव गालरिया ने बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्रीचंद कृपलानी करेंगे

उन्होंने बताया कि द्रव्यवती नदी परियोजना में तीन बड़े उद्यान भी विकसित किए गए हैं राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी है राज्यपाल श्री सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि महात्मा गांधी ने न्याय करूणा प्रेम सत्य और अहिंसा के लिए अपना जीवन समर्पित किया हमे गांधी जी के आदर्शो को जीवन में उतार कर ऐसे भारत के निर्माण में भागीदारी निभानी है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने अपने संदेश में कहा कि बापू ने हमें सत्य अहिंसा अपरिग्रह और समरसता का पाठ पढ़ाया उन्होंने कहा कि बापू का जीवन दर्शन संदियों तक मानव जाति का पथ आलोकित करता रहेगा और उनके सिद्धांत तथा आदर्श हमें मुश्किल समय में राह दिखाते रहेंगे

महात्मा गांधी की जयंती पर आज आकाशवाणी से एक परिचर्चा का प्रसारण किया जायेगा

राष्ट्र को सूचना प्रौद्योगिकी के लिहाज से अव्वल बनाने के लिये शुरू किये गये डिजीटल इंडिया कार्यकम ने सुद्र ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना ली है

ये अधिकारी सिर्फ राजस्व मुकदमों की सुनवाई करेंगे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और न्यायाधीश डॉ पुष्पेंद्रसिंह भाटी ने कल एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता पीआर सिंह ने कहा कि वर्तमान में चुनाव कार्यों के कारण सहायक कलेक्टर राजस्व अदालतों का कार्य नही कर सकेंगे इस पर खंडपीठ ने इन निर्देशों की पालना चुनाव परिणाम जारी होने के दो सप्ताह में करने के आदेश दिए